पूर्वोत्तर पर्यटन एप्प का उद्घाटन करते हुए स्टार्ट अप ग्रूप के सदस्यों के साथ बात करते हुए श्री सिंह ने यह बात कही उन्होंने कहा कि क्षेत्र के दूर दराज इलाको को जोड़ने में तेजी से की गई प्रगति के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र पसंदिदा पर्यटन गंतव्य बन गया है श्री सिंह ने कहा कि हॉम टूरिजम स्थानीय लोग जिसमें युवा भी शामिल है आजीविका का स्रोत बन रहा है

ईटानगर के पी सेक्टर में शारोदोया दूर्गा पूजा उत्सव में भाग लेते हुए राज्यपाल ने कहा कि रिवाज भक्ति और अनुष्ठान को अभ्यास संरक्षित और प्रचारित करना चाहिए चांगलांग में चल रहे विशेष सारांश पुनरीक्षण दो हजार अट्ठारह की निगरानी के लिए चुनाव पर्यवेक्षक राहुल सिंह जिला मुख्यालय के दौरे पर है इस दौरान श्री सिंह ने स्पेशल समारी रिविजन दो हजार अट्टारह से संबंधित शिकायतों के बारे में पूछ ताछ की और साथ ही ई रोल की तैयारी के लिए राजनीतिक दलो से बूथ स्तर पर एजेंट नियुक्त करने पर बल दिया बाद में विभिन्न राजनीतिक दलो के प्रतिनिधियों के लिए चुनाव विभाग ने ई वी एम वी वी पेट का प्रदर्शन किया राजधानी ईटानगर में शनिवार और रविवार को आयोजित एयरमेन भर्ती रैली में पांच उम्मीदवारों ने योग्यता प्राप्त की है भर्ती रैली में कुल एक सौ सैंतीस उम्मीदवारों ने भाग लिया था भारतीय वायु सेना में एयरमेन के तौर पर जुड़ने से पहले इन पांचों अभियार्थियों को अंतीम सूची में योग्यता प्राप्त करने की आवश्यकता है भर्ती रैली को भारतीय वायु सेना ने आयोजित किया था अधिक उम्मीदवारो को रैली में शामिल करवाने के लिए राजधानी क्षेत्र ईटानगर प्रशासन ने जरुरी सहायता प्रदान की थी केंद्रीय विद्यालय पासीघाट में चौबीस से बाईस अक्टूबर तक अरुणाचल प्रदेश इंडिपेंनडेंट कंपनी एन सी सी पासीघाट प्रदेश के एन सी सी कैडेटों के लिए संयुक्त वार्षीक प्रशिक्षण कैंप आयोजित कर रहा है चार सौ अट्ठाईस कैडेट इस कैंप में शामिल होकर ड्रील मेप रिडिंग फिल्ड क्राफ्ट शारीरिक फिटनेस और फायरिंग की प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है सैन्य विषयों के अलावा योगा आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य एवं स्वच्छता व व्यक्तित्व विकास विषय पर भी प्रशिक्षण दिया जायेगा कुरुंग कुमे जिले के नांगग्राम गांव और अपर सियांग जिले के तुतींग में सोमवार को सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया तुतिंग में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आलो लिबांग ने जनता के द्वार पर सेवाओं को पहुंचाने के लिए सरकार की प्रतिबद्दता को दोहराया उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को हर संभव सहायता और सहयोग प्रदान करने को कहा हाल ही में शुभारंभ किए मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना में कई लाभार्थियों ने भाग लिया आयुष मंत्रालय ने दो हजार अटटारह में गांवों में स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य रक्षक कार्यक्रम शुरु किया अरुणाचल प्रदेश के आयुर्वेद क्षेत्रीय शोध संस्थान ईटानगर के दुर्गम इलाकों में रहने वाले हजारों लोगों को निशुल्क स्वस्थ्य शिविर के माध्यम से लाभ पहुंचा रहा है ईटानगर स्टेट आयुर्वेद क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान ने बुधवार को ईटानगर के पापुनाला गांव से स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम का द्रसरा चरण शुरु किया इस चरण के दौरान पाप्रमपारे जिले के पांच गांव को कवर किया जायेगा आयुर्वेद क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान ईटानगर इन गांवो में मुफ्त साप्ताहिक कैंप अगले छह महीनों के लिए आयोजित करेंगा इस दौरान वे घरेलू परिवेश और पर्यावरण की सफाई और स्वास्थ्य के साथ इसके संबंधों के बारे में भी जागरुकता पैदा करेगा इसके पहले चरण में नौ गांव में ऐसे शिविर लगाए गए थे जिनमें हजारों मरीजों का मुफ्त ईलाज किया गया था निर्वाचन आयोग आगामी विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में इंटरनेट आधारित मोबाइल एप्प सी विजिल श्रु कर रहा है सी विजिल अर्थात सिटिजन विजिल पहली बार इन विधानसभा चुनावों में पायलेट परियोजना के रुप में आरंभ किया जाएगा इस एप्प के जरिए कोई भी नागरिक चुनावों के दौरान चुनावी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन या किसी और अनियमितता की जानकारी अपलोड कर निर्वाचन अधिकारियों तक पहुंचा सकता है इस एप्प की मदद से उल्लंघन की घटनाओं के चित्र और वीडियों संबंधित चूनाव अधिकारी तक भेजे जा सकते हैं